मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जरिये सभी को विकास का लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की ईको टूरिज्म रिपोर्ट का किया विमोचन ईको ट्ररिज्म से पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर की चर्चा

आज के दिन हर साल अन्त्योदय दिवस का आयोजन किया जाता है देहरादून में इस मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये गये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन बांटे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वयं निर्धन परिवार में जन्मे प्रतिभावान व्यक्ति थे उनका मानना था कि समाज के संसाधनों पर पहला अधिकार निर्धन का होना चाहिए

जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सभी परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य है

रिपोर्ट में राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई है ग्राम्य विकास और पलायन आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है इसमें ईको टूरिज्म के जरिये पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पलायन रोकने पर भी चर्चा की गई है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ एसएस नेगी से इको टूरिज्म पॉलिसी और इको टूरिज्म मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा की पलायन आयोग ने सुझाव दिया कि इको ट्ररिज्म विकास का कार्य सिर्फ ईको ट्ररिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिये ही किया जाए इससे जुड़ी सभी जानकारी एक वेबसाइट या एक एप पर उपलब्ध हो

डॉ एसएस नेगी ने कहा कि ईको टूरिज्म से जुड़ी जगहों पर जल संरक्षण वर्षा जल संग्रहण गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों दूरसंचार व्यवस्था बेहतर यातायात व्यवस्था कचरा प्रबन्धन और शौचालयों का प्रबन्ध किया जाए इस सब में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में राफ्टिंग के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर कार्य करने के भी निर्देश दिये

टिहरी में इस योजना के तहत दो हजार पांच सौ पचास किसानों का चयन किया गया है चुने गये किसानों के खेतों की मिट्टी जांच कर उसमें जो कमी पाई जा रही है उसे पूरा करने के लिए किसानों को सलाह दी जा रही है जिससे उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सके टिहरी के घनसाली क्षेत्र के किसान धनपाल ने भी अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया मिट्टी की जरूरत के मुताबिक खाद डाली

टिहरी के प्रतापनगर निवासी वीर सिंह गुनसोला का कहना है कि इस तरह की योजना से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा टिहरी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रभारी जगमोहन रतूड़ी का कहना है कि कर्मचारी खेतों में जाकर किसानों से मिट्टी के नमूने लेते हैं जांच के बाद मिट्टी में पायी गई कमी के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है

संक्षिप्त नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नई टिहरी में जिला प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू किया

कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है